इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आत बैठक करेंगे यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हए बुलाई गई है प्रधानमंत्री इस वर्चअुल बैठक में टीकाकरण अभियान पर चर्चा करेंगे

उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया यह टीका उन्हें पंजाब के संगरूर की सुश्री निशा शर्मा ने लगाया इस अवसर पर सुश्री शर्मा ने बताया कि यह उनके लिए एक यादगार पल था प्रधानमंत्री ने आज ट्वीटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया देश में अब तक नौ करोड से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं

झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर सात हजार आठ सौ बहत्तर पहुंच गयी है वहीं रांची जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार एक सौ के पार हो गयी है राज्यभर में मिले कुल सक्रिय मामलों के आधे से ज्यादा संक्रमित रांची जिले के हैं राज्यभर में कल एक हजार तीन सौ बारह नए कोरोना संक्रमित मिले इसी के साथ राज्यभर में अबतक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख तीस हजार नौ सौ आठ पहंच गयी है इधर राज्यभर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हए पूलिस की ओर से सख्ती बढ़ा दी गयी है आज से रांची जिले में प्रवेश करनेवाली हर सड़क पर चेकिंग शुरू कर दी गयी है स्क्रीनिंग के बाद ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य में सर्वाधिक संक्रमित रांची से मिल रहे हैं रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर हर भीड़ भाड़ वाले इलाकों की पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी है आज सुबह से ही रांची में पुलिस मुस्तैद दिख रही है रेलवे स्टेशन बस स्टैंड शहर के प्रवेश मार्गों पर बाहर से आने वालों को रोका गया राज्य सरकार की ओर से आज से रात आठ बजे के बाद सिर्फ दवा द्रकानों को छोड़कर सभी दकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज से ओपीडी सेवा स्थगित कर दी गई है वैसे मरीज जिन्होंने पहले से ही चिकित्सक को दिखाने का समय ले रखा है उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी एम्स ने दिल्ली में कोविड संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर यह फैसला लिया है इसने अपने विभिन्न विभागों से नये और पुराने दोनों तरह के मरीजों को देखने की संख्या सीमित करने को भी कहा है

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज ऑनलाइन माध्यम से गोड्डा रेलवे स्टेशन पर गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस की सौगात दी इस दौरान श्री गोयल ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई यह ट्रेन साप्ताहिक होगी जो गोड्डा से गया होते हए नई दिल्ली तक जाएगी गोड्डा स्टेशन पर कार्यक्रम को लेकर खास तैयारी की गई थी वहीं कोविड को लेकर गोड्डा प्रशासन की ओर से समारोह की इजाजत नहीं दी गई

यह निर्णय रांची के उपायुक्त छवि रंजन और विभिन्न सरना समितियों की आज हुई बैठक में लिया गया रांची समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरहल में जुलूस या शोभायात्रा निकालने को लेकर बैठक में गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया गया विभिन्न समितियों द्वारा एकमत होकर फैसला लिया गया कि इस बार जुलूस या शोभायात्रा नहीं निकाली जायेगी सिरम टोली स्थित मुख्य सरना स्थल पर पांच लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति होगी

मुख्य सरना पर पूजा पाठ के दौरान कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस दौरान ढोल नगाड़ा साथ लाने की अनुमति नहीं होगी साथ ही अलग अलग मौजा से अधिकतम पांच लोग पैदल न आकर वाहन से आयेंगे हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने लोगों से सरकार के निर्देश का अनुपालन करने को कहा है उन्होंने कहा है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान से लेकर विद्यालय शिक्षण संस्थान व आम लोग सरकार के निर्देश का पालन करें सिमडेगा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कार्यालयों में ई मुलाकात और ई ऑफिस परियोजना का अधिक से अधिक उपयोग करने का निर्देश दिया गया है इस सम्बंध में हुई बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि सभी प्रकार के बैठकों और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन ई मुलाकत के माध्यम से किया जा सकता है बैठक या कार्यशाला के एक दिन पूर्व ईडीएम ई गवर्नेंस सोसायटी को पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि आवश्यक तैयारी की जा सके ग़मला जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने तथा कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा द्वारा ग्रमला शहरी क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक चौराहे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बहुल क्षेत्रों में सतत निगरानी के लिए दो पालियों में पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है द्मका जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गयी है

शांतिपूर्ण और हिंसा रहित मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी मधुपुर विधानसभा से सटे सभी जिलों के एसपी को नक्सलियों और अपराधियों की धड़पकड़ तेज करने का आदेश दिया गया है आई जी प्रिया दुबे गिरिडीह एसपी अमित रेणु के साथ आज पुलिस लाईन में नक्सल और अपराध की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में नए उपायुक्त के रूप में अनन्य मित्तल ने आज योगदान दे दिया उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त अरवा राजकमल से पदभार ग्रहण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार के दिशा निर्देशों पर अमल करने की हर संभव कोशिश की जाएगी आईपीएल ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट कल से चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो रहा है आरंभिक मैच में मौजूदा चैंपियन मुम्बई इंडियन्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर से होगा

इसके मैच छह शहरों मुम्बई चेन्नई बेंगलुरू अहमदाबाद नई दिल्ली और कोलकाता में खेले जाएंगे

इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है

खूंटी जिले की पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी से लूटकांड के मामले में पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने अपराधियों के पास से नगद राशि हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किया है लातेहार जिले के बारीयातू टीओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फंदे से झूलकर जान दे दी पुलिस मामले की जांच कर रही है रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दो प्रचार वाहनों के माध्यम से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों मास्क एवं सामाजिक दूरी के अनुपालन आदि के प्रति जागरूक किया जा रहा है रांची जिले के बुंडू अनुमण्डल इलाके में लगातार विद्यालयों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रही है